राजधानी भोपाल में लॉकडाउन खत्म आज जारी हो सकते हैं नये दिशा निर्देश अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन कल प्रदेश में भी आज से मंदिरों में गूजेंगी रामधुन

हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संकमण में कमी आयी है

मंडला में कल दो नये मामले सामने आये

होशंगाबाद में कल चार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई

लॉकडाउन राजधानी भोपाल में आज से लॉकडाउन खुल रहा है जिला प्रशासन द्वारा बाजार खुलने और बंद होने की नई गाइडलाइन आज जारी की जाएगी इसी के साथ शहर में जिम और योगा क्लासेस किन शर्तों के साथ खोले जाएं ये भी आज तय किया जा सकता है

भूमि पूजन समारोह कल होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिस्सा लेंगे उनके साथ देशभर से और नेपाल से अनेक धार्मिक संगठनों के प्रमुखों और संतों के भी समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है

श्रीराम जन्मपभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के कुछ गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया है

उल्लेखनीय है श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न शासकीय देवस्थान और मंदिरो द्वारा उक्त अनुमति माँगी गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से आज और कल अपने अपने घरों में दीपक जलाने का आग्रह किया है रक्षाबंधन पर्व प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया इस दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण जारी दिशानिर्देशों को देखते हुए घरों में ही त्यौहार मनाया श्रावण के अंतिम सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की सवारी परम्परा अनुसार पूर्ण वैभव के साथ निकाली गई पालकी में मनमहेश के रूप तथा हाथी पर चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में विराजित भगवान महाकाल ने नगर भ्रमण किया उधर आगरमालवा स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्रीबैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गयी

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि खलेसर घाट पर लगने वाले कजलियों का मेला नहीं लगाया जायेगा साथ ही लोगों से आग्रह किया गया है कि त्यौहार मे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन करें किशोर कुमार जयंती अपनी आवाज और अदाकारी से देश और दनिया में खंडवा का नाम रोशन करने वाले किशोर कमार के जन्मदिन पर आज उत्साह कम दिखाई देगा खंडवा में समाधि तो फूलों से सजेगी लेकिन नगर निगम द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा

किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच और नगर पालिक निगम के संयुक्त तत्वावधान में वर्चुअल किशोर नाइट कार्यक्रम होगा शाम साढ़े सात बजे बजे से मुंबई से पार्श्व गायिका सुजाता त्रिवेदी लाइव प्रस्तुति देंगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज बारिश की संभावना के चलते समाधि पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है